इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे इस अवसर पर श्री खाण्डू ने ईस्ट कामेंग जिले में राज्य के दूसरे कृषि कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि ईस्ट कामेंग जिले में आर के मिशन स्कूल और कृषि कॉलेज के खुलने से न केवल शिक्षा परिदृश्य बढ़ जाएगा बल्कि पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा उन्होंने स्थानीय लोगों से विशष रुप से कृषि कॉलेज के लिए मुआवजे के मुद्दों पर बाधाओं के बावजूद प्रशासन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को विश्व स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रलिस की कार्यप्रणाली में विशेषज्ञता की जरुरत बताई है गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के दो हजार सत्रह बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अपनी पेशेवर कौशल और क्षमताओं में वृद्धि के लिए पुलिस अधिकारियों को उनकी रुचि के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए गृहमंत्री ने युवा पुलिस अधिकारियों से टेक्नोलाजी में तेजी से हो रहे बदलावों और साइबर अपराधों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करने को कहा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे केंद्र के कार्यक्रमों और नीतियों पर अमल के अलावा जलवायू परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए अपनी ओर से भी पहल करें नई दिल्ली में जलवायू परिवर्तन के बारे में एक कार्यशाला में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम को लागू करने में राज्य महत्वपूर्ण साझेदार है और उन्हें बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभानी चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि इस समस्या से निपटने में टेक्नॉलोजी हस्तांतरण और पैसे की उपलब्ध अब भी बड़ी चुनौतियां हैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत खुशवाहा ने कल राज्यपाल बी डि मिश्रा से मुलाकात कर विश्वविद्यालय के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की राज्यपाल ने कहा कि आर जी यू राज्य के प्रमुख और अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसकी गुणवत्ता शिक्षा नवाचार अनुसंधान कार्य और अच्छे परिसर अनुशासन में सुधार के मार्ग को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयास किए जाना चाहिए प्रोफेसर खुशवाहा ने छात्रों की क्षमता निर्माण प्लेसमेंट और विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय रैंकिंग में सुधार का आश्वासन दिया राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने कल ईटानगर में प्लास्टिक फ्री ईटानगर अभियान लॉन्च किया मेजिक क्लॉब अरुणाचल की पांचवें फाउंडेशन दिवस के अवसर पर राजधानी जिला प्रशासन के सहयोग से यह अभियान शुरु किया गया अभियान का मुख्य उद्देश्य एक बार उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करना और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को प्रत्साहित करना है इस अवसर पर उपायुक्त ने युवाओं से आगे आने और अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया असम राइफल्स के खोंसा बटालियन ने हालही में लोंगडिंग जिले के कुन्न गांव में मूफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित किया शिविर के दौरान विभिन्न बीमारियों से पीड़ित दो सौ से अधिक मरिजों को इलाज किया गया शिविर के दौरान एच आई बी एड्स हेपएटाइटिस मलेरिया जल संबंधी बीमारियों और अच्छे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखने के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई भारतीय वायू सेना तेरह और चौदह अक्टूबर को राजीव गांधी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ईटानगर में समूह वाई ऑटो टेक और आई ए एफ पी व्यापारों में एयरमेन के पद के लिए अविवाहित प्रुष उम्मिदवारों के लिए भर्ती रैली आयोजित करेगी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

आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया